आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने विश्वास व्य्क्त किया कि अपने जज्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल शीघ्र ही फिर से उठ खड़ा होगा राहत और बचाव कार्य में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नही छोड़ी श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जांबाजो ने बचाव अभियान में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हाल ही में संपन्न संसद का मॉनसून सत्र बहुत रचनात्मक रहा श्री मोदी ने कहा कि देश ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया जिससे इन समुदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दार्श नही कर सकता उन्होंने कहा कि संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में तो पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका श्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाया कि पूरा देश सामाजिक न्याय की इस मुहिम में उनके साथ है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार तीन में ईक्यानवें संशोधन अधिनियम लाने के लिए राष्ट्र सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा इस संशोधन से भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए पहला बदलाव यह हुआ कि राज्यों के मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा की कुल सीटों के पंद्रह प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया दूसरा बदलाव यह हुआ है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत तय सीमा एक तिहाई से बढ़ा कर दो तिहाई कर दी गई और दल बदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे जरुर खेलें और अपनी सेहत पर खास ध्यान दे क्योंकि स्वस्थ्य भारत से ही सम्पन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा आज संस्कृत दिवस का ध्यान दिलाते हुए श्री मोदी ने संस्कृति की महान धरोहर को सहेजने और सवारने से जुड़े उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जो आम जन तक इसे पहुंचाने के लिए प्रयासरत है

इस पांच दिवसीय विधानसभा सत्र में तीन नए प्रस्तावित जिले लेपा रादा पाक्के केसांग और सी योमी के लिए जिला पुनर्गठन संशोधन विधेयक राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने की संभावना है सत्र के दौरान सरकार द्वारा बिना छात्र के चल रहे सभी स्कूलों को बंद करने एस एस ए शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए चार सौ पदों का सूजन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है आकाशवाणी ईटानगर की प्रादेशिक समाचार इकाई द्वारा सत्ताईस से ईकतीस अगस्त तक साम के आठ बजे से असेमब्ली रिवियू प्रसारित किया जाएगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है श्रावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न हो रही है इस वर्ष दो लाख चौरासी हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए

इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी अरुणाचल विकास परिषद सहित सामाजिक संगठनों और विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय तथा सरकारी स्कूलों के बच्चों ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर के दोन्यी पोलो मुकबधिर विद्यालय के बच्चों के साथ राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया इस मौके पर बच्चों ने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए राखी को लोगों की कलाई पर बांधा

चार सौ मीटर दौड़ की महिला वर्ग में हिमा दास ने रजत पदक और पुरुष वर्ग में मोहम्मद अनास याहिया ने भी रजत पदक हासिल की है